ये महत्वपूर्ण और सबसे जटिल प्रक्रिया आज देर रात एक से दो बजे के बीच की जाएगी

वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर को चांद की सतह पर उतारने में उसकी गति धीमी करने और उसे संतुलित करने के लिए पांच थस्टर लगाए गए हैं उतरने के लगभग चार घंटे बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान अलग होगा रोवर चांद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भेजेगा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस दौरान मानवीय नियंत्रण सही नहीं रह सकता क्योंकि धरती पर स्टेशन और चंद्रयान के संदेश भेजने के समय में अंतर रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात बेंगलूरू पहुंचेंगे और इन गौरवशाली पलों के साक्षी बनेंगे

स्वच्छता पुरस्कार राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छव भारत मिशन में असाधारण योगदान के लिए पुरस्कारर प्रदान किये नैनीताल स्थित भारतीय शहीद सैनिक स्कूल के चंद्रशेखर और उत्तरकाशी जिले के बाघोरी गांव के ग्राम प्रधान भवन सिंह राणा को विभिन्न वर्गो में पुरस्कत किया गया इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि बाघोरी गांव के सभी निवासी स्वच्छता चैम्पियन हैं वहीं जम्मू कश्मीर के वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकोनिक स्थान प्रस्कार दिया गया शिक्षा मंत्री अल्मोडा शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डे ने कहा है कि राजकीय विद्यालयों में घटती छात्र संख्या के लिये ठोस पहल करने और विद्यालय में शैक्षणिक माहौल को सुधारने की जरूरत है अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छात्र संख्या किन कारणों से घट रही है उस पर भी सामूहिक पहल करनी होगी शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिले में जो स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उन्हें ठीक कराने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी साथ ही शिक्षकों की समस्याओं का निदान प्राथमिकता से किया जायेगा उन्होंने शिक्षकों से अपने विद्यालयों में एक अच्छा शैक्षणिक माहौल तैयार करने में सहयोग करने की अपील की शिक्षा मंत्री ने विद्यालयों में जल्द शिक्षकों की तैनाती और अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की बात भी कही

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन शहरों में खेल आयोजित किये जाने हैं उन शहरों के बीच कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हआ है वहां के अनुभवों के अनुसार तैयारियां की जाएं

अतिक्रमण देहरादून देहरादून शहर में फुटपाथों गलियों सड़कों और अन्य स्थलों पर किये गये अनाधिकृत निर्माणों और अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण चिन्हीकरण और सीलिंग का कार्य किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने टास्क फोर्स के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के अभियान में और तेजी लाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने लोगों से अवैध अतिक्रमण के संबंध में जानकारी देने और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने में अपना सहयोग देने की अपील की अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अगर अतिक्रमण सरकार द्वारा ध्वस्त किया जाता है तो इसकी वसूली नियमानुसार भू राजस्व के रूप में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी

विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप ज्यादा है हरिद्वार के अस्पतालों में भी डेंगू के कई मरीज भर्ती किये जा रहे हैं हरमिलाप मिशन राजकीय चिकित्सालय के सी एम एस डॉ राजकुमार ने बताया कि लगातार भर्ती हो रहे डेंगू पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है उन्होंने बताया कि अस्पताल में एक आईसोलेशन वार्ड बनाया गया है

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक डेंगू के इलाज के सभी इंतजाम किये गए हैं उत्तराखंड सम्मानित महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित किया नई दिल्ली में अभिनंदन और पुरस्कार समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत देश में सर्वश्रष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है वहीं इस अभियान के तहत देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में उधमसिंह नगर ने तीसरा स्थान हासिल किया है आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालक बालिका अनुपात में सुधार के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों का अभिनंदन करना था समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम डेशबोर्ड पर आधारित की परर्फोमेंस इंडिकेटर पर आधारित समीक्षा के दौरान अधिकारियों को विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में समय से पहले पूरे करने के निर्देश दिये हैं देहरादून में सिंचाई और पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सौंग बांध और जमरानी बांध के लिए सभी क्लीयरेंस सम्बन्धी कार्य जल्द निपटाने के निर्देश दिये पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में नये थीमबेस्ड डेस्टिनेशन के विकास के लिए सुनियोजित योजना बनाई जाय उन्होंने सुरकण्डा देवी रोपवे के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिये प्लास्टिक प्रतिबंध विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सचिवालय में प्लास्टिक और प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत किसी भी स्तर पर आहत होने वाली बैठक और कार्यशाला आदि में प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा साथ ही बैठकों में पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों को भी पूरी तरह से वर्जित किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्लास्टिक विशेषकर माइक्रोप्लास्टिक से जहां पर्यावरणीय दृष्प्रभाव के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं वहीं यह सतत विकास में भी बाधक है विधानसभा अध्यक्ष ने विधान भवन परिसर में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने विधानसभा परिसर की कैंटीन में भोजन परोसने में पत्तों आदि से बनी हुई मोल्डेड थाली गिलास कटोरियों के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के भी निर्देश दिए ग्राम्य विकास विश्लेषण ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें की हैं ताकि पलायन को कम किया जा सके राज्य में ग्राम्य विकास के क्षेत्र में योजनाओं का विश्लेषण करने के बाद आयोग ने पांचवीं रिपोर्ट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सौंपी मुख्यमंत्री ने आयोग के सुझावों पर प्रभावी पहल करने की बात कही है उन्होंने कहा कि गांव और खेत आबाद हो इसके लिये व्यापक जन जागरूकता जरूरी है मुख्यमंत्री ने न्याय पंचायत स्तर पर कृषि विकास से संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाये जाने की भी जरूरत बतायी ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग ने महिलाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता देने सभी जिलों में जंगली सूअरों से सुरक्षा के लिए दीवारें बनाने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए गुणवत्ता निगरानी और प्रमाणन किये जाने संबंधी सुझाव दिये इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जमीनी कागजों में पति पत्नी का नाम सामान्य किये जाने पर भी बल दिया गया आयोग ने बताया कि पर्वतीय जिलों में ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या मैदानी जिलों की तुलना में अधिक हैं उसने इन पदों पर जल्द नियुक्ति किए जाने की सिफारिश की है एक्शन प्लान टिहरी टिहरी जिले में जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा इस महीने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि संगठित क्षेत्रों के मजदूरों जिला कारागार और जेल बंदियों को विधिक सेवा साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया जाएगा अब संक्षिप्त समाचार हरिद्वार महाकृभ के मेलाधिकारी दीपक रावत ने मेला भवन में महाकृम्भ मेला से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की

स्वच्छ कुम्भ ग्रीन कुम्भ पर फोकस किया जायेगा

अल्मोड़ा में आवासीय नशा मुक्ति केन्द्र का आज हवालबाग के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र में शुभारम्भ हो गया है